इस संबंध में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं प्रदेश के सभी स्कूलों में नवमीं से बारहवीं तक की कक्षाओं को दो चरणों में खोला जाएगा इस दौरान स्कूल और महाविद्यालयों की कक्षाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जिन विद्यार्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें कक्षाओं में बैठने नहीं दिया जाएगा वहीं महाविद्यालयों के प्रवेश द्वार पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी साथ ही कक्षाओं में सैनिटाईजर की व्यवस्था भी रहेगी इस दौरान छात्रों के अलावा शिक्षकों और अन्य स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज भी लगना शुरू हो गया है इसके तहत जिनको कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है उन्हें दूसरा डोज दिया जा रहा है इसी कड़ी में प्रदेश में अब तक आठ सौ तैंतीस लोगों को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जा चुका है वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना टीकाकरण का पहला डोज लगवाने वालों की संख्या दो लाख दस हजार को पार कर गई है इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ उनतीस नये मामले सामने आए इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले में तिरपन मरीज मिले हैं प्रदेश में अब तक तीन लाख आठ हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें से तीन लाख एक हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चूके हैं वहीं वर्तमान में तीन हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच केंद्र सरकार ने कार्यालयों में कोविड महामारी के फैलाव पर अंक्श लगाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे जबकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर कार्यालय खोलने की अनुमति होगी जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय बजट दो हजार इक्कीस बाईस में जल जीवन मिशन ग्रामीण की तरह शहरी क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि इस मिशन पर पांच वर्ष से अधिक समय तक दो लाख सतयासी हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे इस बीच प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित गतिविधियों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई एक बैठक में मिशन संचालक एस प्रकाश ने सभी कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं से कहा कि एकल ग्राम योजना में जिनका सर्वे नहीं हुआ है उन गांवों का सर्वे कराकर डीपीआर बनाने के लिए प्रारूप निविदा उपलब्ध कराई जाए उन्होंने जिले की प्राथमिकता के आधार पर क्लस्टर बनाने के निर्देश दिए साथ ही निविदा प्रक्रिया पंद्रह मई तक पूर्ण करने के लिए भी कहा अवैध खनन रेललाइन लोकसभा राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने कल लोकसभा में चर्चा के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी में हो रहे अवैध खनिज उत्खनन तथा सागौन तस्करी का मुद्दा उठाया श्री पांडेय ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में लगातार अवैध खनिज उत्खनन से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है वहीं विकासखंड मानपुर के तहत तोलूम और नवागांव में नदी की दिशा ही बदल गई है सांसद ने कहा कि बिना रायल्टी पर्ची के अवैध उत्खनन और परिवहन होने से सरकार को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है सदन में उन्होंने अवैध उत्खनन और सागौन की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की वहीं बिलासपुर सांसद अरूण साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कटघोरा मुंगेली डोंगरगढ़ रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया उन्होंने रेल मंत्री से इस नई परियोजना में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर कार्य में गति लाने का आग्रह किया गौरतलब है कि कटघोरा से मुंगेली होते हुए डोंगरगढ़ तक दो सौ सतहत्तर किलोमीटर नई रेललाइन बिछाने पूर्व में रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त कार्य एजेंसी बनाई गई थी साथ ही राज्य की पूर्ववर्ती सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना भी जारी की थी पीएससी परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की गई दो पालियों में हुई इस परीक्षा में प्रदेशभर से करीब एक लाख उम्मीदवार शामिल हुए यह परीक्षा राज्य के सत्रह जिलों में बनाए गए तीन सौ सैंतालीस केन्द्रों में हुई परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया

उन्होंने कहा कि राज्य के बहुमूल्य संसाधनों का उपयोग करके छत्तीसगढ़ के लोग भी समृद्ध और खुशहाल बनें उन्होंने कहा कि गांव गांव में ऐसी अधोसंरचनाएं तैयार की जा रही है जिनका लाभ बड़े पैमाने पर लोगों को मिल रहा है श्री बघेल ने कहा कि आगामी पांच वर्षों में राज्य की सिंचाई क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि कृषि प्रधान राज्य में युवाओं को कृषि से संबंधित रोजगार के नये अवसरों की जानकारी देने प्रदेश में एग्रीकल्चर के साथ उद्यानिकी वानिकी डेयरी टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग और मछली पालन जैसे विषयों के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय तथा पॉलीटेक्निक खोलने पर जोर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सरकार ने महसूस किया कि प्रदेश में और अधिक मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है जिसे देखते हुए कांकेर महासमुंद और कोरबा में राज्य सरकार नये मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है कोविड के दौरान हमने महसूस किया कि प्रदेश में और अधिक मेडिकल कॉलेजों की जरूरत है दूर्ग जिले का चंद्रलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय निजी क्षेत्र में चलना मुश्किल हो रहा था उसे हमने अधिग्रहित करने का फैसला लिया ताकि सरकारी चिकित्सा शिक्षा अधोसंरचना को बढ़ाया जा सके तीन जिलों कांकेर महासमुंद और कोरबा में हम नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं इस तरह उच्च शिक्षा की अधोसंरचना में जो अभाव थे उसे पूरा करने और प्रदेश के य्वाओं को बेहतर भविष्य बनाने में मदद करने का हमारा प्रयास है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना लाई गई है जिसके तहत करीब बाईस सौ ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं जो सरकारी कार्यालयों को जोड़ती है भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री डी प्रंदेश्वरी ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता तक पहंचाने और लोगों के बीच पार्टी के जुड़ाव को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है आज रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता निश्चित संकल्प के साथ संगठन की मजबूती के लिए जुटता है तो बदलाव अवश्य आता है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का हमेशा ही संगठनात्मक ढांचा मजबूत रहा है इस अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि कोंटा से कोटा और राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक हर क्षेत्र में कार्यकर्ता सक्रियता से कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्ररे प्रदेश में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाफ सड़क पर उतरना होगा बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने बताया कि प्रत्येक मंडल से सोशल मीडिया में पार्टी की बातों को रखने के लिए कार्यकर्ताओं की पूरी टीम खड़ी की जा रही है बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा भी उपस्थित थे खेल समाचार राजनांदगांव के कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय में कल पंद्रह फरवरी से राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा इस स्पर्धा में प्रदेशभर से करीब डेढ़ सौ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इधर जांजगीर चांपा जिले में बैडमिंटन प्रतियोगिता के तहत आज सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में बत्तीस जूनियर और अड़तालीस सीनियर टीमों ने हिस्सा लिया है उधर दूर्ग जिले में बीसवीं छत्तीसगढ़ सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ स्पर्धा में पुरूष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं संक्षिप्त समाचार अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल की आज पृण्यतिथि है इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने रायगढ़ में अवैध शराब बिक्री के मामले में एक पुलिस उप निरीक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है वहीं एएसपी और सीएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है दर्ग पुलिस ने राजस्थान के बासवाड़ा से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से डेढ़ लाख रूपये नगद और चार लाख रूपये कीमत के स्वर्ण आभूषण जब्त किए हैं राजनांदगांव जिले के अर्जुनी गांव में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया इस दौरान कलाकारों ने ग्रामीणों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में विद्युत लाइन सुधार के दौरान करंट की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई वहीं तीन अन्य श्रमिक झुलस गए हैं कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना अंतर्गत बेलगांव के पास चारपहिया वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार य्वक की मौके पर ही मौत हो गई